सात मरीज़ों को छ्ट्टी दी गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल स्बह दस बजे राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे उनके द्वारा कोरोना वायरस के कारण तालाबंदी को बढ़ाना है या नहीं इस बारे फैसला दिये जाने की संभावना है प्रधानमंत्री ने बीते शनिवार वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से विभिन्न राज्यों के म्ख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी जिनमे कई राज्यों ने प्रधानमंत्री से दो और सप्ताह के लिए तालाबंदी बढ़ाने का अन्रोध किया प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर राज्य दो और सप्ताह के तालाबंदी बढ़ाने पर सहमत है

उन्होंने कहा कि नीति समूह डिजीटल और आणविक निगरानी रेपिड और आर्थिक निदान और नई दवाओं व सम्बधित उत्पादन प्रक्रियाओं पर काम कर रहा है

गृहमंत्रालय की संयुक्त सचिव पृण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि कि राज्य तालाबंदी के उपायों को लागू करने के लिए लगातार काम कर रहे है और इसमें सेवामुक्त कर्मचारी एनएसएस और एनसीसी कैडेट और अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी पुलिस की मदद कर रहे है

उन्होंने कहा कि सूक्षम लघ् और मध्यम इकाइयों के कामगारों और आटा दाल और खाने वापले तेल से सम्बधित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को म्श्किल पेश न आये इसके लिए उनके पास जारी करने के निर्देश दिये गये है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मास्क पहनना वांछनीय है एक टवीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि मास्क दो मिनट में कोई भी तैयार कर सकता है श्री जावड़ेकर ने कहा कि उन्होंने ख्द भी मास्क बनाया है और बाकी लोग भी ऐसा कर सकते है उन्होंने एक वीडियो भी सांझा की जिसमें उन्हें मास्क बनाते ह्ये देखा जा सकता है

मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया कर्मी भी डॉक्टरों नर्सो प्लिस कर्मियों और सफाई कर्मचारियों की तरह पहली कतारों में आगे आकर काम कर रहे है हरियाणा के मुख्यसचिव श्रीमती केशनी आंनद अरोड़ा ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री के निदेशानुसार मोबाइल ओपीडी की संख्या बढ़ाने और मोबाइल ओपीडी के जिले व ग्राम में जाने की अग्रिम सुचना जारी करने के निर्देश दिये है ताकि अधिक से अधिक लोग इस स्विधा का लाभ उठा सकें

मुख्यसचिव ने उपायुक्तों को केन्द्र दवारा मास्क के निपटान बारे जारी प्रोटो कॉल का पालन करने लोगों की मास्क पहनने और दोबारा प्रयोग किये सकने वाले मास्क की रोज़ाना ध्लाई बारे जागरूक करने एवं थर्मल स्कैनर का अधिकत उपयोग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये

मुख्य सचिव ने उपाय्क्तों को केन्टेनमेंट प्लान का बरीकी से पालन करने और लाल हरे व नारंगी रंग के अनुसार क्षेत्रों का वर्गीकरण करने के निर्देश भी दिये केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने य्क्ति नाम से एक वेब पोर्टल की श्रूआत की है

इस पोर्टल का उद्देश्य कोविड

उन्होंने कहा कि ये पोर्टल् इन म्शकिल समय में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक प्रयास है श्री पोखरियाल ने बताया कि ये पोर्टल अकादमिक संस्थानों के प्रयत्नों और विभिन्न पहलकदमियों कोविड से सम्बधित शोध संस्थानों द्वारा की गई सामूहिक पहलकदमियों और विद्यार्थियों की भलाई के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा रेखगा केन्द्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई है कि ये पोर्टल् बेहतर योजना बनाने के लिए डाटा उपलब्ध करवायेगा और मंत्रालय को अगले छ महीनों में इसके कार्यो को प्रभावी ढंग से जांचने के योग्य बनायेगा

अच्छी खबर ये है कि आज सात मरीज़ों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छ्ट्टी भी दी गई है

प्रदेश में अभी तक दो व्यक्ति की कोरोना वायरस से मृत्यु ह्ई है वहीं इस बीच गुरूग्राम सें हमारे संवाददाता ने सिविल सर्जन जे एस पूनिया के हवाले से बताया कि ग्रूग्राम में दो तबलीगी जमातियों और दो नर्सो सहित चार मरीज़ों की रिपोर्ट नेगीटिव आई है करनाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सात दिनों लड़ाई के बाद तीन मरीज़ स्वस्थ हो कर घर लौट गये है

उन्होंने कल्पना चावला राजकीय अस्पताल से छुट्टी मिली है उधर सिरसा से हमारे संवाददाता के अनुसार गांव रोड़ी में जमातियों के सम्पर्क में आई मस्जिद मे खाना बनाने वाली महिला कोरोना से संक्रमित हई है

भारतीय खाद्य निगम ने पंचकूला के सेक्टर चार में वरिष्ठ अधिकारियों का एक कंट्रोल रूम श्रू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में अनाज उपलब्ध करवाना और सरकार की निर्धारित कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लोगों तक सुविधा पहंचाना है भारतीय खाद्य निगम के हरियाणा कार्यालय के महाप्रबंधन ओम प्रकाश् ने बताया कि प्रधानमंत्रीगरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक अंत्योदय परिवार और प्राथमिकता वाले घरों को अप्रैल मई व जून महीनें में निश्ल्क पांच किलों अनाज दिया जायेगा और अप्रैल महीने के अनाज की आपूर्ति की जा रही है

उन्होंने कहा कि निगम द्वारा सभी डिप्ओं रेल हेड़ अन्य जगहों की सैनेटाइज भी किया जा रहा है हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेशवासियों को भारत रतन डॉ बी आर अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर श्भकामनायें देते हये सभी लोगों को अपने अपने घरों में ही रहकर श्रद्वा और उल्लास के साथ मनाने की अपील की है